इसे कोरोना मरीजोँ को अस्पताल में बेहतर उपचार प्रदान किया जा सकेगा मुख्यमंत्री आज शिमला से पंचायती राज संस्थाओं से प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत कर रहे थें मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से विवाह समारोहों के दौरान सख्त निगरानी रखने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने माना की कुछ लोग अभी भी शादी समारोहों में कोरोना मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नही कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को लोगों को बाहर के लोगों के बिना घर में विवाह आयोजित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए इससे महामारी के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी उन्होंने राज्य के बाहर से आ रहे लोगों पर कड़ी नजर रखने का भी पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान नर्सों द्वारा समर्पण भाव से दी गई सेवाएं और प्रयास सराहनीय हैं राज्यपाल आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राजभवन शिमला में आईजीएमसी शिमला की नर्स पीना शर्मा को नर्सिंग समुदाय की ओर से सम्मानित करने के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि नर्सें अपनी जान की परवाह किए बिना ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने में जुटी हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के त्याग और समर्पण को याद करते हुए राज्यपाल ने इस व्यवसाय से जुड़े सभी कोरोना योद्वाओं का आभार जताया राज्यपाल की धर्म पत्नी वसंथा बंड़ारू भी इस अवसर पर उपस्थित थी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत नसाँ को शुभकामनाए दी है उन्होंने कहा कि चिकित्सा सबसे पवित्र व्यवसाय है जो पीड़ित मानवता की सेवा का बेहतर अवसर प्रदान करता है उन्होंने कहा कि बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नर्से व चिकित्सा से जुड़े सभी लोग इस महामारी में भी अपने दायित्व को बखूबी निभा कर पीड़ित मानवता की सेवा में समर्पित हैं जिसके लिए प्रदेश की जनता उनकी आभारी है सैजल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने आज कांगड़ा ज़िला में कोरोना उपचार के लिए निर्धारित स्वास्थ्य संस्थानों और होम आईसोलेशन में कोरोना रोगियों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया और रोगियों से बातचीत की उन्होंने कोविड टीकाकरण केंद्रों में व्यवस्थाओं को जायजा भी लिया और धर्मशाला में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की सैजल ने इस मौके पर कहा कि सरकार कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि हर स्तर पर कोरोना रोगियों र्के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है उन्होंने बाद में कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल परौर का भी दौरा किया

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार से बिलासपुर में नव निर्मित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को कोविंड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने की मांग की है

उन्होंने बिलासपुर और घुमारवीं अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर बनाने से आम रोगियों को आ रही मुश्किलों की चिन्ता जताई राठौर ने आरोप लगाया कि कोविड नियमों को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट न होने के कारण प्रदेश विकट स्थिति से गुजर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार इस महामारी से निपटने में पूरी तरह असफल रही है बीएसएनएल कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बीएसएनएल के हिमाचल सर्किल ने अपने उपमोक्ताओं को घर बैठे ही रिचार्ज करने की सुविधा दी है

इसी नम्बर से उपभोक्ताआ घर बैठे सिम की डिलिवरी भी पा सकते है उमंग स्वयंसेवी संस्था उमग फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल को पत्र लिखकर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रक्त दान ँ शिविर लगाने के लिए उपायुक्तों को आदेश जारी किए जाने की मांग की है